इंदौर जिले में विशेष तौर पर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है

उधर गुना जिले में अब तक कोरोना का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया है दमोह जिले में कल सभी रिपोर्ट निगेटिव मिली है

अध्यादेश में हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने और स्वास्थ्यकर्मियों को चोट के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है अध्यादेश में उत्पीडन शारीरिक चोट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हिंसा माना जाएगा

इन छात्रों की स्क्रीनिंग सभी निर्धारित बिंद्रीं पर हई

शिवपुरी जिले में आज सुबह से अचानक मौसम में बदलाव देखा गया